सबसे अधिक दो सौ एक नये मामले पटना में दर्ज किये गये

ठंड में बढ़ोतरी के आसार बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर दो लाख बयालीस हजार एक सौ बावन हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक दो सौ एक नये मामले पटना जिले में सामने आये हैं गोपालगंज में उनचास गया में छब्बीस जहानाबाद में पच्चीस पूर्णिया में बाईस नालंदा से इक्कीस नवादा और भागलपुर में बीस बीस कटिहार और मुजफ्फरपुर में अठारह अठारह बांका पूर्वी चंपारण सहरसा और वैशाली में चौदह चौदह नये मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों में भी पॉजिटिव मामले मिले हैं रिपोर्ट के अनुसार इस समय प्रदेश में पांच हजार दो सौ पच्चीस सक्रिय मामले हैं इधर प्रदेश में कोरोना से अब तक दो लाख पैंतीस हजार छह सौ चौदह लोग ठीक हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव तीन शून्य प्रतिशत है इस वैश्विक महामारी से अब तक प्रदेश में एक हजार तीन सौ बारह लोगों की मौत हो चुकी है कोविड महामारी से निपटने में भारत ने एक और मील का पत्थर पार कर लिया है और देश में कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों की संख्या घटकर तीन दशमलव सात एक प्रतिशत रह गई है रोगियों की संख्या में लगातार कमी आ रही है और यह लगभग तीन लाख तिरसठ हजार रह गई है पिछले चौबीस घंटों में लगभग आठ हजार पांच सौ रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं रोजाना दर्ज किए जाने वाले रोगियों की संख्या भी तीस हजार से नीचे बनी हुई है और बीते एक दिन में उनतीस हजार दर्ज की गई संक्रमण के मामलों में भी कमी आई है और पिछले लगभग एक महीने से संक्रमण की पुष्टि वाले लोगों की दैनिक संख्या पचास हजार से नीचे के स्तर पर बनी हुई है देश में स्वस्थ होने की दर में भी सुधार हुआ है और यह चौरानवे दशमलव आठ चार प्रतिशत हो गई है अब तक बानवे लाख इक्यानवे हजार लोग स्वस्थ हुए हैं पिछले चौबीस घंटों में सैंतीस हजार पांच सौ लोग ठीक हुए हैं स्वस्थ होने वालों की दैनिक संख्या पिछले एक पखवाड़ें से नए मामलों की दैनिक संख्या के मुकाबले कम बनी हुई है इस समय देश में महामारी से ठीक हुए लोगों की संख्या रोगियों की तुलना में पच्चीस गुणा अधिक है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सताईस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज मरीजों की संख्या पन्द्रह हजार से नीचे है

तो सब लोगों को ये होता है कि हम तेजी से इसको वैक्सीन डेवलेप करें और सरकारें भी चाहती हैं कि वो वैक्सीन जल्दी आए बहुत सी चीजें जो हैं वेव कर दी गई हैं और वो इमरजेंसी एप्रूवल के तहत जो है प्रोसेस की जा रही है वैक्सीन लेकिन इसमें इतना जरूरी है कि वैक्सीन दे के सेफ्टि सबसे बड़ा इंपोर्टेट क्योंकि अगर हम किसी को वैक्सीन से फायदा दे पाएं न भी दे पाएं परंतु सेफ होनी चाहिए उस वैक्सीन की वजह से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आहवान पर आज प्रदेश में हड़ताल का मिला जुला असर रहा हड़ताल के कारण सरकारी और निजी क्षेत्र के अस्पतालों में कामकाज पर असर देखा गया कई सरकारी अस्पतालों में मरीजों के आवश्यक ऑपरेशन स्थगित करने पड़े हैं गौरतलब है कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सर्जरी करने की अनुमति दिये जाने के सरकार के फैसले के विरोध में ये हड़ताल आयोजित की गयी थी सुजन घोटाले के मुख्य आरोपी अमित कुमार और उसकी पत्नी रजनी प्रिया की करोड़ों रूपये की संपत्ति जब्त करने का सिलसिला जारी है सीबीआई के अधिकारियों ने भागलपुर के न्यू विक्रमशिला कॉलोनी के अलावा नाथनगर और सबौर में कुल पन्द्रह स्थानों पर चल अचल संपत्तियों का पता लगाया है विशेष अदालत के आदेश पर इन्हें जब्त किया जा रहा है अमित कुमार इस घोटाले की मुख्य आरोपी मनोरमा देवी का पुत्र है जिसकी मुकदमे के दौरान ही मृत्यु हो चुकी है चारा घोटाले के सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई एक बार फिर टल गई है राजद अध्यक्ष ने दुमका कोषागार अवैध निकासी मामले में न्यायालय से जमानत का अनुरोध किया था आज हुई सुनवाई में लालू प्रसाद के वकील की तरफ से सीबीआई के दावे का जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई इसके बाद अदालत ने छह सप्ताह बाद सुनवाई निर्धारित की राज्य सरकार अपनी जमीन पर खेती करने वाले किसानों से अब दो सौ क्विंटल की जगह दो सौ पचास क्विंटल धान खरीदेगी दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले बटाईदार किसानों से धान की खरीद सीमा पचहत्तर क्विंटल से बढाकर सौ क्विंटल कर दी गई है मौजूदा सत्र में धान का संशोधित खरीद लक्ष्य पैंतालीस लाख मीट्रिक टन रखा गया है इस वर्ष साधारण किस्म के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य एक हजार आठ सौ अड़सठ रूपये प्रति क्विंटल और ए श्रेणी के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य एक हजार आठ सौ अठासी प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है धान की गुणवत्ता उसमें मौजूद नमी की मात्रा से निर्धारित की जाती है प्रदेश के कई जिलों में धान में नमी के मद्देनजर पैक्स द्वारा ड्रायर और गैसीफायर की व्यवस्था की गयी है इधर भाकपा माले ने राज्य सरकार से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सुनिश्चित करने को कहा है पार्टी के राज्य सचिव कुणाल ने धान की सरकारी खरीद में किसानों के रजिस्ट्रेशन कराने की व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की है केन्द्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के काफिले पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कथित हमले के बाद पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में कानून व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट मांगी है भाजपा अध्यक्ष श्री नड्डा भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ियों पर पत्थरों ईंटों और कांच की बोतलों से हमला किया गया था गृहमंत्री अमित शाह ने हमले की निन्दा करते हुए कहा कि केन्द्र इस घटना को बहुत गंभीरता से ले रहा है उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में पश्चिम बंगाल राज्य अराजकता और अंधकार के दौर में पंहुच गया है इधर पटना और राज्य के अन्य हिस्सों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जे पी नड्डा पर हमले के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया पार्टी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की सिवान जिले में नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजेन्द्र पथ इलाके से अज्ञात अपराधियों ने एक मनी एक्सचेंज के कार्यालय से दस लाख रूपये लूट लिये पुलिस मामले की छानबीन कर रही है इधर नालंदा जिले के सरमेरा थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक फाइनेंस कर्मी से आज दिन दहाड़े सवा लाख रूपये लूट लिये लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने फाईनेंसकर्मी को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया बेगूसराय पूलिस ने पिछले दिनों गढ़हरा में एक बैंक शाखा में लगभग पांच लाख रूपये की लूट मामले में पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने बताया कि अपराधियों के पास से लूट के साढ़े सैंतालीस हजार रूपये बरामद किये गये हैं इसके अलावा कई हथियार और कारतूस भी जब्त किया गया है श्री कुमार ने बताया कि बैंक में लगाये गये सीसीटीवी कैमरे के डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है लूट के बाद अपराधी इसे अपने साथ लेकर फरार हो गये थे प्रदेश में अपराध की बढ़ती घटनाओं के मददेनजर पुलिस महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों को भी अब रात्रि गश्ती करने को कहा गया है पुलिस महानिदेशक एस के सिंघल ने राज्य के पुलिस अधीक्षकों के अलावा विभिन्न रेंज के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया पुलिस मुख्यालय स्तर पर जीपीएस की मदद से गश्त करने वाले अधिकारियों और उनके वाहनों की निगरानी की जायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा बैठक के दौरान बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किये थे इसके आलोक में पुलिस मुख्यालय में यह फैसला किया है मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक घने कोहरे से राहत मिलने के आसार नहीं हैं मौसम विज्ञान केन्द्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी मौसम विभाग पटना के वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि चौदह और पन्द्रह दिसम्बर को राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश होगी जिसके बाद कोहरे का असर कम होगा

इधर घने कोहरे के कारण दृश्यता में कमी आने से रेल सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है पटना हवाई अड्डे पर आज सुबह दस बजे तक दृश्यता दो सौ मीटर और गया हवाई अड्डे पर सौ मीटर दर्ज की गयी गया आज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान साढ़े दस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं पटना का न्यूनतम तापमान ग्यारह दशमलव दो जबकि पूर्णिया का दस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रहा भागलपुर का न्यूनतम तापमान पन्द्रह दशमलव एक डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा प्रदेश मे विभिन्न अदालतों में ऑनलाइन मोड में मामलों की सुनवाई होगी इसका शुभारंभ सुबह दस बजे से होगा केन्द्र सरकार ने उस दावे को खारिज कर दिया है कि भारतीय रेलवे का पूरी तरह से निजीकरण किया जायेगा और वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पास तथा छूट जैसी सुविधाएं समाप्त कर दी जायेंगी पत्र सूचना कार्यालय पीआई बी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो फर्जी है और केन्द्र सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है राज्य सरकार ने खेतों में फसल अवशेष जलाने वाले नौ सौ किसानों को काली सूची में डाल दिया है ग्यारह जिलों में ऐसे किसानों को चिन्हित किया गया है अब इन दोषी किसानों को अगले तीन साल तक किसानों के हित में चलायी जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा इसके अलावा ऐसे किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि पर भी रोक लगा दी गयी है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि राज्य की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उन्नत बनाया जायेगा उन्होंने कहा कि इन अस्पतालों में दो सौ इक्यानवे तरह के उपकरणों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मंजूरी दी है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन सुविधाओं के उपलब्ध हो जाने से स्वास्थ्य केन्द्रों में सर्जरी के भी कार्य किये जायेंगे शेखप्ररा जिला प्रशासन ने कोविड उन्नीस के टीकाकरण को लेकर सभी स्थानीय निर्वाचित जन प्रतिनिधियों से सहयोग लेने का निर्णय लिया है वहीं कोविड टास्क फोर्स ने जिले के दो हजार पचासी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण के टीकाकरण के लिए चिन्हित किया है अरवल के जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिले में भूमि विवाद संबंधित मामले को शीघ्र निपटारा करने के लिए अंचल अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया शिवहर जिला रेडक्रॉस सोसायटी के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया

सबसे अधिक दो सौ एक नये मामले पटना में दर्ज किये गये

ठंड में बढ़ोतरी के आसार